मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में पर्याप्त और निरन्तर बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिये माण्डव उत्सव के तीसरे दिन भगोरिया लोकनत्य और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति

चुनाव रोक राज्य में कलेक्टर एसडीएम और तहसीलदार सहित चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है

प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है

बिजली आपूर्ति मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निरंतर बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि कार्य के लिये अनिवार्यतरू दस घंटे विद्युत आपूर्ति की जाये और उपकेन्द्र निर्माण कार्य पुरा करने के लिये और अत्यंत आवश्यक होने पर ही शट डाउन किया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जायेगी उन्होंने रबी मौसम में सिंचाई के महत्व को देखते हुए ट्रांसफार्मर के फेल होने पर तीन दिन में उसे बदलने के निर्देष दिये मुख्यमंत्री ने बिजली बिल की शिकायतों के निराकरण के लिये समाधान शिविर लगाने के निर्देश भी दिये श्री नाथ ने कॉल सेंटर एक नौ एक दो सेवाओं को और मजबूत करने तथा जनता को उनका लाभ दिलवाने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा तबादले नियुक्ति पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया गया है श्री कक्कड की नियुक्ति संविदा आधार पर की गई है वे चुनाव के लिए बने वाररूम के प्रभारी थे वहीं सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है ये दायित्व उनके पास अब अंतिरिक्त प्रभार के तौर पर रहेगा वे स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव होंगी मंत्रि विभाग मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को आज विभागों का वितरण कर सकते हैं इस संबंध में विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न ग्रुटों के बीच संतुलन बनाने की कवायद के चलते विभागों के वितरण का कार्य नहीं हो पाया है इस बीच कल मंत्रालय में मंत्रियों को विभिन्न कक्षों का अस्थायी रूप से आवंटन कर दिया गया है संसद सत्र संसद के दोनों सदनों की बैठक सप्ताहांत और क्रिसमस की छट्टियों के बाद आज फिर होगी लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा विधेयक में हर तरह के तीन तलाक देने को अमान्य और अवैध घोषित किए जाने का प्रस्ताव है इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा जिसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है

यह इस कार्यक्रम का इक्यावन वा संस्करण होगा

प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चन्द्रप्रभाष शेखर ने बताया कि इस अवसर पर जिला कांग्रेस और ब्लाक इकाईयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे आम जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस के इतिहास के बारे में लोगों को बतायेंगे इसके अलावा आजादी की लड़ाई में पार्टी नेताओं के योगदान की जानकारी दी जायेगी

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रभारियों की नियुक्ति की है तंबाकू नियंत्रण देश में तम्बाक को नियंत्रित करने के कानुनों के असरदार क्रियान्वयन के तहत निर्वाचन आयोग सामने आया है आयोग ने अगले साल आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों में सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि वे न सिर्फ धुम्रपान पर प्रतिबंध सुनिश्चित कराये बल्कि सभी मतदान केन्द्रों पर तम्बाक के इस्तेमाल पर भी सख्ती से रोक लागू करें परिवार विवाद सागर जिले की रेहली तहसील के तिखी गॉव में कल एक परिवार के विवाद में चार सदस्यों की मृत्यु हो गयी और दो अन्य सदस्य बीमार हो गये जिनका सागर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है जमीन विवाद को लेकर चार दिन पहले पटेल परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गयी थी इसके बाद कल इस परिवार के तीन सदस्यों ने आत्महत्या कर ली वहीं दो अन्य सदस्यों ने भी आत्महत्या की कोशिश की उन्हें बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया

इसके बाद आदिवासी दल र्ने भगोरिया लोक नृत्य की प्रस्तुति दी इन्दौर के थिएटर ग्रप की नृत्य नाटिका अशोका अनवरत के मंचन ने सम्राट अषोक के काल को नाटिका के माध्यम से जीवंत कर दिया पर्यटन क्विज में विद्यार्थियों के साथ साथ दर्षकों ने भी भागीदारी की आज चौथे दिन षास्त्रीय व लोक नृत्य की प्रस्तृतियां होगी बुरहानपुर के मुकेश दरबार के गायन के अलावा धार के नुपूर कला केन्द्र के कलाकारों द्वारा राजस्थानी व पंजाबी लोक नृत्य व षास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही इन्दौर की नीता पंवार का बंजारा नृत्य होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा साहसिक रोमांचकारी गतिविधियों का आयोजन भी पर्यटकों को रोमांचित कर रहा है

एक अन्य मैच में पुड्येरी की टीम न आने के कारण आईपीएससी की टीम को वाकओवर मिल गया आज से प्रतियोगिता के अंतर्गत वोवीनाम के मुकाबले खेले जायेंगे इससे पहले शुभारंभ अवसर पर सभी राज्यों के खिलाड़ियों के दलों द्वारा मार्चपास्ट प्रस्तुत किया गया और सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये गये हैं समाचार संक्षेप में शिवपुरी जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने रसायनिक खाद विक्रेताओं की बैठक कर निर्देश दिए कि जिले में किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर यूरिया का विक्रय न हो और सुगमता से यूरिया की उपलब्ध सुनिश्होचित हो सिंगरौली के नॉर्दर्न कोलफीलड़स लिमिटेड के खड़िया कोयला क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज प्रसाद का चयन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक पद के लिए हुआ है